भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने आज इसका शिलान्यास किया

फतेहाबाद के जाखल क्षेत्र के लोगों की बरसो प्रानी मांग को पूरा करते हए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं टोहाना के विधायक सुभाष बराला ने जाखल मंडल व जाखल गांव को आपस में जोड़ने के लिए रेलवे लाइन के नीचे से बनाए जाने वाले अंडरब्रिज का शिलान्यास किया लगभग साढ़े सात सौ फ्ट लंबे अंडर ब्रिज के शिलान्यास अवसर पर भारतीय रेलवे के क्षेत्रीय अभियंता प्रतीक क्मार सहित अन्य बड़े अधिकारी मौजूद थे इस निम्न गामी पुल का निर्माण जाखल रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रेलवे फाटक संख्या नंबवार एक सौ अठसठ पर दो माह के भीतर आरंभ होगा सुभाष बराला ने बताया कि इस प्ल के लिए पहले साढ़े करोड़ रूपये के अन्मान लगाया गया था लेकिन बरसात के दिनों में अंडरब्रिज में संभावित जल भराव की समस्या को समाप्त करने अंडर ब्रिज को पूरी तरह से कवर करने और अंडर ब्रिज के अदंर वाटर रिचार्ज के लिए दो क्ए बनाने का निर्णय हआ है इस कारण से अंडरब्रिज का संशोधित आंकलन दस करोड़ तरेसठ लाख रूपये स्निश्चित हुआ है प्रदेश सरकार की ओर सात करोड़ रूपये की राशि रेलवे बोर्ड को पहले ही जमा करा दी गई है

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया गया है जो एक बहत बड़ी उपलब्धिहै उन्होंने कहा कि सरकार ने टेलों की मरम्मत व उपकरणों के रख रखाव के लिए एक सौ तैतालिस करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जल्द ही नई नई तकनीकों को अपनाने पर विचार किया जा रहा है जिसमें पेयजल आपूर्ति और सीवरेज जैसी स्विधाओं को स्ृृढ़ किया जायेगा मंत्री ने कहा कि गत चार सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहे है उन्होंने कहा कि म्ख्यमंत्री ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया है जिससे लोगों में आपस में ज्ड़ने का भाव पैदा हआ है

पांच दिनों से चल रही इस हड़प्राल के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा रहा है म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवहन कर्मचारी संघ के नेताओं को कर्मचारियों से ज्ड़े मुद्दों पर आवाज़ उठाने का पूरा हक है परन्त् राज्य की नीतियों से जुड़े फैसलों में दखल का नहीं

उधर संघ के नेताओं ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हए कहा है कि सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन का निजीकरण करने के द्वार खोल दिए है संघ नेताओं ने ये भी कहा कि सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत की कोई श्रूआत नहीं की क्योंकि वो जनता के कल्याण के प्रति चितिंत नहीं है गत तीन दिनों से पुलिस कर्मी भी अपनी वर्दी में रोडवेज़ की बसें चला रहे है सरकार ने इस कार्य के लिए शिक्षण संस्थाओं से बसें किराए पर ली और इन्हे थोड़ी द्री वाले रूट पर प्रदेश में भी चलाया है

कर्मचारी संगठनों ने भिवानी के नेहरू पार्क से लेकर विधायक धनश्याम सरार्फ के आवास तक रोष प्रदर्शन किया हिसार से जारी रोडवेज़ कर्मचारी तालमेल कमेटी के संय्क्त बयान अन्सार प्रदेश में चल रहे हड़ताल के पांच दिन तक चक्का जाम से हो रही अस्विधा के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है यमुनानगर जिले के दर्जनों सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व स्टाफ ने काली पट्टिया बांध कर हड़ताल का समर्थन दिया

पिंजौर में चल रहे हैरिटेज उत्सव का श्भारंभ करने के उपरान्त श्री शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के उत्सवों के आयोजन से हम एक दूसरे की खान पान वेश भूषा व संस्कृति का आदान प्रदान कर एक अपनी संस्कृति की छाप को विविधता में अनेकता के साथ सशक्त करने में मददगार होते है

इस अवसर पर पर्यटन विभाग ने अतिरिकत मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि तीन दिन चलने वाले इस उत्सव में लोगों का भरपूर मनोरंजन करवाया जा रहा है साथ ही विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई गई

स्मेधा को फरीदाबाद उपाय्क्त अत्ल क्मार ने बधाई दी है

वह रोज़ाना स्बह दो घंटे और शाम को दो घंटे स्केटिंग का अभ्यास करती है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पंजाब के अमृतसर में कल जो हादसा हआ वह बेहद द्खद है इस रेल हादसे से उन्हें आघात पहंचा है एक शोक संदेश में उन्होंने कहा कि विजयादशमी के दिन हई ये घटना बहत द्र्भाग्यपूर्ण है म्ख्यमंत्री ने इस द्र्घटना मे मारे गये लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की अमृतसर में हादसे का असर अम्बाला में भी देखने को मिला रहा है अम्बाला रेलवे स्टेशन पर आज अनेक रेलगाड़िय़ां अपने निश्चित समय से देरी से पहंची अमृतसर से हरिदवार जाने वाली जन शताब्दी अमृतसर से नई दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को रदद कर दिया गया जबकि अमृतसर से सहरसा जाने वाली गाड़ी को अम्बाला से चलाया जा रहा है हादसे के कारण लगभग आधा दर्जन रेलगाडिय़ों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है केन्द्रीय इस्पताल मंत्री बीरेन्द्र सिंह ने जाट समाज के नए सिरे से संवैधानिक लड़ाई लड़ने की सलाह दी है आज रोहतक में उन्होंने कहा कि पिछडी जातियों के आरक्षण को संवैधानिक दर्जा मिलने से जाट आरक्षण के लिए नई राह ख्ली है